राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्कूली शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूलों में छात्रों का प्रवेश दिलाने के लिये शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही सर्वे कार्य सम्पन्न कर लिया जाये राज्यपाल ने विद्यार्थियों को स्कूलों में निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने वाली यूनीफार्म जूते मोजे स्वेटर और बैग समय से वितरित करवाने के लिए भी कहा

उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रदेश के आठ महत्वाकांक्षी जनपदों का दौरा कर हर एक जनपद में दो दिन का प्रवास करेंगी और महत्वाकांक्षी जनपदों के कार्यो का अवलोकन और समीक्षा करेंगी इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महत्वाकांक्षी जनपदों की स्थिति सुधारने के लिए निर्धारित छह संयुक्त सूचकांकों के अन्तर्गत प्रदेश में अच्छा कार्य किया गया जिसके चलते राज्य पूरे देश में दूसरे स्थान पर है मूख्यमंत्री ने अवगत कराया कि जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराने और जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए आगामी दो फरवरी से राज्य के सभी चार हजार दो सौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों पर प्रत्येक रविवार को आरोग्य मेले आयोजित किये जायेंगे केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकारों ने जनता की भलाई के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और लोग इनसे लाभान्वित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार देश के लिए कठोर फैसले लेकर ईमानदारी से पूरी तरह समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं

नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और एनपीआर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए डॉक्टर पांडेय ने कहा कि विपक्षी दल निजी स्वार्थ के लिए लोगों को बहका रहे हैं उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार डरी हुई है जबकि वहां की जनता इन कानूनों को जबरदस्त समर्थन दे रही है

देश में विशिष्ट पहचान संख्या आधार के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या सवा अरब को पार कर गई है

इतना ही नहीं पहचान के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है

इस समय भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण को प्रमाणित करने के लिए रोजाना तीन करोड़ अनुरोध प्राप्त होते हैं लोग आधार विवरण को अद्यतन रखने के लिए भी तैयार रहते हैं और प्राधिकरण को रोजाना इसके लिए तीन से चार लाख अपडेट प्राप्त होते हैं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

प्रदेश में विगत सप्ताह नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आज दूसरे जुमे की नमाज शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गयी

पुलिस अभी भी शांति और जागरूकता समितियों के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई बैठकें आयोजित कर रही है सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने लखनऊ अलीगढ़ आगरा मथुरा और बुलंदशहर सहित राज्य के कई जिलों में कल रात से इंटरनेट सेवा बंद कर दी है इस बीच राज्य में हिंसा में लिप्त रहे लोगों की गिरफ़तारी का कम जारी है

पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं नौ जिलों में नोटिस भेजे गए हैं जिनमें कानपुर लखनऊ मऊ मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर शामिल हैं

राज्य में हालात सामान्य हैं और कहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है

पुलिस ने दंगाइयों की तस्वीरें जारी करते हुए आम लोगों से उनकी सूचना देने की अपील की है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

बाइट प्रदेश में पिछले चार दिनों से पूरी शांति है लॉ एंड आर्डर काफी मैनटेंड है लेकिन फिर भी हमने स्टेटिजिक डिप्लॉयमेंट अपनी फोर्स का कर रखा है उन सभी संवेदनशील स्थानों में जहां पिछले शुक्रवार को हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई थी उन सभी पर हमारी नजर है उन सभी पर हम इन्टेंसिव पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम स्ट्रोंग मॉनिटरिंग कर रहे है लोगों की एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पर हमारी नजर है एक्यूमीनिटीज को लोगों को इस बात के लिए बताया जाए कि अगर हिंसात्मक कार्रवाई करते है तो किसी का नहीं बल्कि समाज का अहित होगा और लोगों ने इस बात की प्रशंसा की जो पहल पुलिस प्रशासन ने हरेक जनपद में लिया है उसे लोगों ने सराहा है प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से एक से छह डिग्री तक नीचे चला गया अधिकतम तापमान भी सामान्य से औसतन दस डिग्री नीचे दर्ज किया गया बहराइच जनपद में कल न्यूनतम तापमान तीन दशमलव छह डिग्री सेंटीग्रेट तक पहुंच गया वहीं बस्ती में चार दशमलव पांच गोरखपूर में पांच दशमवल चार मेरठ में पांच दशमलव छह डिग्री तापमान दर्ज किया गया आगरा अलीगढ़ मजफ्फरनगर फर्र्रखाबाद सहित कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान छह डिगो स टीग्रेट के नीचे रहा तापमान में गिरावट और ठंड के चलते राज्य में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है प्रशासन ने जनपदों में रैन बसेरों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती रात लखनऊ में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया और यहां आश्रय लिये हए लोगों के बारे में जानकारी हासिल की उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति खुले में पटरी पर या सड़क के किनारे न सोये

मौसम विभाग ने अगले दिनों में राज्य के कई स्थानों पर तेज शीतलहर और घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है

जम्मु कश्मीर के करगिल क्षेत्र में पांच महीने बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद इंटरनेट सेवाए बंद कर दी गई थीं स्थानीय नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे इंटरनेट का इस्तेमाल सावधानी और जिम्मेदारी से करें